एक साथ चुनाव कराने के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति की जाएगी गठित भाजपा सांसद ओम बिड़ला चुने गये लोकसभा नये अध्यक्ष प्रदेश में अतंराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरो पर मुख्य समारोह राजभवन में किया जायेगा आयोजित प्रदेश में कल हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में अट्ठारह लोगों की मौत दो दर्जन से अधिक लोग घायल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर बैठक हुई बैठक के बारे में जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री एक देश एक चुनाव के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श के लिए एक समिति का गठन करेंगे यह समिति एक समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी श्री सिंह ने बताया कि बैठक में अधिकतर राजनीतिक दलों ने एक देश एक चुनाव के विचार का समर्थन किया ज्यादातर सदस्यों ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर अपना समर्थन दिया है थोड़ी बहुत डिफ्रंस ऑफ ऑपीनियन सीपीआई सीपीएम कर रही है लेकिन वन नेशन और वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए इसका सीधा अपोज नहीं किया है लेकिन उन्होंने इसके संबंध में आशंका व्यक्त की इसे आप कैसे लागू करेंगे और प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोघन में यह कहा कि इस संबंध में एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो निर्धारित सीमा में इससे जुड़े सभी पक्षों पर विचार करके अपने सुझाव देगी राजनाथ सिंह ने कहा कि कल की बैठक में भाग लेने के लिए चालीस राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया था इनमें से इक्कीस दलों ने भाग लिया जबकि ऑल इंडिया अन्ना डी एम के सहित तीन दलों ने अपने विचार भेजे राजनाथ सिंह ने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री ने संसद की उपयोगिता बढ़ाने भारतीय स्वतंत्रता की पचहतरवीं वर्षगांठ और महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती समारोह तथा पिछड़े जिलों के विकास के बारे में विचार विमर्श करने के उद्देश्य से भी यह बैठक बुलायी थी एनडीए उम्मीदवार ओम बिड़ला कल सत्रहवीं लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए कांग्रेस डीएमके तृणमूल कांग्रेस बीजू जनता दल तेलगू देशम वाईएसआर कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना सहित सभी प्रमुख देलों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें ओम बिड़ला का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया था बाद में कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार ने ओम बिड़ला के लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने की घोषणा की प्रधानमंत्री और विभिन्न दलों के नेता उन्हें अध्यक्ष के आसन तक ले गये इस अक्सर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री बिड़ला को बयाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपना सारा जीवन जन सेवा में लगा दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि बिड़ला जिस कोटा निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं उसे लघु भारत और शिक्षा का केन्द्र माना जाता है ओम बिड़ला जी वो शख्सियत हैं जो जनप्रतिनिधि के नाते राजनीति से जुड़ना बड़ा स्वाभाविक हैं लेकिन उनकी पूरी कार्यशैली समाज सेवा के लिए रही समाज जीवन की कहीं पर भी पीड़ा अगर उनको नजर आई तो पहले पहुंचने वाले व्यक्तियों में से रहे अपने संबोधन में नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए कहा कि अध्यक्ष का पद निष्पक्ष होना चाहिए उन्होंने सदस्यों को आश्वासन दिया कि ये सभी को समान अवसर देंगे श्री बिड़ला ने कहा कि एनडीए सरकार को मिले भारी जन समर्थन को देखते हुए उन्हें उम्मीद है कि सरकार पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी जिस तरीके का विश्वास भरोसा देश की जनता ने सरकार पर व्यक्त किया है मैं निश्चित मानता हूं सरकार की जवाबदेही ज़्यादा बनती है मेरी सरकार से भी अपेक्षा रहेगी कि वह अधिक जवाबदेही से अधिक पारदर्शिता से इस देश के अंदर काम करे ताकि हम देश के अंदर मिसाल कायम कर सके इससे पहले सभी दलों के नेताओं ने श्री बिड़ला को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में नए अध्यक्ष को अपनी पार्टी के पूरे समर्थन की बात कही आपके माध्यम से मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पार्टी की नियत बड़ी साफ है हम डिवेट और डिसीजन में यकीन रखते हैं लेकिन पार्लियामेंट की सही तरीके से इसकी गरिमा की रक्षा करना आपकी जिम्मेवारी होता है क्योंकि यू आर द प्रिजाडिंग ऑफिसर दिस हाउस बाद में प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का सदन से परिचय करवाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि विवाद को अपराध की बड़ी वज़ह बताते हुए ऐसे मामलों के जल्द निपटारे का आह्वान किया है कल लखनऊ में लेखपालों को लैपटॉप वितरण कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लैपटॉप मिलने से लेखपालों की कार्यक्षमता में बढ़ोत्तरी होगी और वे तेज़ी से अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे उन्होंने कहा कि लेखपालों को रिपोर्ट के लिए अपने कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और जरूरी दस्तावेजों को भी जिला प्रशासन को भेज सकेंगे मुख्यमंत्री ने समारोह में लखनऊ के इक्कीस लेखपालों को सांकेतिक रूप से लैपटॅप वितरित किये प्रदेश में कल इक्कीस जून को मनाये जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां पूरे जोर शोर से की जा रही हैं हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह राजभवन में आयोजित किया जाएगा जिसमें राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी हिस्सा लेंगे प्रदेश भर में योग पखवाड़ा मनाया जा रहा है जो पंद्रह जून से शुरू हुआ था और इस महीने की तीस तारीख तक चलेगा राज्य सरकार पहले ही योग पर आधारित एक ऐप जारी कर चुकी है जिसका नाम है योग प्रदेश उत्तर प्रदेश और इससे सरकार की और से योग को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की पूरी जानकारी मिलेगी वाराणसी में गंगा किनारे के घाटों के साथ ही सारनाथ में विशेष इंतजाम किए गए हैं जहां इक्कीस जून को बड़ी संख्या में लोग योगाम्यास करेंगे

राज्य सरकार के मंत्री और विभिन्न ज़िलों के प्रभारी मंत्री भी राज्य भर में ज़िला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे सेना के मध्य कमान ने भी प्रदेश में सैनिकों और उनके परिजनों के लिए योग प्रशिक्षकों की निगरानी में योगाभ्यास कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी कर ली हैं वैज्ञानिक अनुसंधान और उपलब्ध प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि योग से हर उम्र के लोगों को लाम होता है योग को अपनाने से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मन को भी शांति मिलती है

सम्मल ज़िले में एक सड़क दुर्घटना में दो बच्चों सहित आठ लोगों की मौत हो गयी जबकि दस अन्य घायल हो गये पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह घटना बहजोई थाना क्षेत्र के लहरावन गांव के पास उस समय हुई जब एक तेज रफ्तार कन्टेनर ट्रक ने एक चौपहिया वाहन में टक्कर मार दी जिससे सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी और एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है जिनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है उधर फतेहपुर जिले में चॉदपुर थाना क्षेत्र के बिलारी कौँह मोड़ के पास कल एक निजी बस और ट्रक की टक्कर में बस सवार सात यात्रियों की मौत हो गयी और पच्चीस अन्य घायल हो गये घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है कल ही चंदौली जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के एन एच दो पर भगवान तालाब के समीप ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दुर्घटनाओं पर शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है प्रदेश में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कल कई ज़िलों में हुई हल्की बूंदा बांदी से तापमान में गिरावट दर्ज़ की गयी है मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अधिकतम तापमान बत्तीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों में राज्य के पूर्वी ज़िलों में बारिश और आंधी की संभावना व्यक्त की है जबकि पश्चिमी ज़िलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है राजधानी लखनऊ और आस पास के ज़िलों में कल सुबह से हल्की बूंदा बांदी हुई और आसमान में बादल छाये रहे वहीं कन्नौज जिले में भी कल सुबह से हल्की बरसात होने से लोगों को गरमी से राहत मिली है